अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा इससे जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी नहीं होंगी जो सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ी हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पत्र मानव संसाधन मंत्रालय के उस निर्देश के आधार पर जारी किया है जिसमें शिक्षा संस्थाओं के परिसर में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था राजधानी ईटानगर प्रशासन ने ईटानगर स्थित सेंकिवियू के वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के निकट नहाने पिकनिक करने इत्यादि गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है सेंकी नदी पर देर रात अवांछित तत्वों की मौजूदगी पिकनिक और पार्टी के वजह से होने वाली मौत की घटनाओं के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर यह कदम उठाया गया है राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट प्रिंस धवन ने इस क्षेत्र में नियमित तौर पर गश्त लगाने का निर्देश दिया ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे ईटानगर में ब्रधवार को राजधानी क्षेत्र के ट्राफिक को नियंत्रित करने के लिए एक बैठक आयोजित किया गया बैठक के दौरान जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने हर महत्वपूर्ण स्थानों में ट्राफिक साईन बोर्ड के अनिवार्य प्रर्दशन का निर्देश दिया उन्होंने नागरिकों से जिला प्रशासन को सहयोग देते हुए यातायात प्रणाली में संशोधित नए मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की

निर्वाचन भवन विधान सभा विज्ञान व प्रौद्योगिकी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचने के लिए वन वे किया गया है और विधान सभा ट्राफिक पोईंट से राष्ट्रीय राजमार्ग तक टू वे किया गया है राजमार्ग से आबोतानी कॉलोनी वन वे होगा और तालांग हिरा मेमोरियल होते हुए आबोतानी कॉलोनी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों को घुसने की उजाजत नहीं दिया जाएगा वहीं अरुण सुबनसिरी ट्राफिक पोईंट से वाहनों की आवाजाही को टू वे किया हुआ है

गंगा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग को पी सेक्टर ट्राफिक पोईंट पर मोड़ा गया है वेस्ट कामेंग जिले के कालाकतांग प्रशासनिक अंचल में जिला प्रशासन सरकारी विभागों व एजेंसियों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा उपलब्ध कराई कालाकतांग प्रशासनिक अंचल के अंतर्गत आने वाले बीस गाँवों के कई लोगों ने अंकालिंग पहुंचकर सरकारी सेवा का लाभ उठाया इस अवसर पर एक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया और एक सौ अड़तालीस मरीजों का इलाज किया गया जिला उपायुक्त सोनल स्वरुप ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नौ लाभार्थियों को एल पी जी सिलेंडर और स्टोव वितरित किया विभिन्न विभागों ने लोगों की जरुरतों और प्रश्नों का हल किया दिवांग वैली के अंगोलिन माध्यमिक विद्यालय से सत्ताईस अगस्त को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस की दूसरी चरण का शुभारंभ किया जायेगा आनिनि उपायुक्त तामून मिसो की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की मंगलवार को हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने डी डी एस ई और सी डी पी ओ से जिले में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के उचित कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग को सही डाटा मुहैया कराने का निर्देश दिया मां और शिशु देखभाल व अन्य स्वस्थ्य कार्यक्रमो की उचित कार्यान्वयन के लिए उन्होंने सभी हितधारको से अन्य विभागों के साथ सहयोग करने को कहा विधायक तापुक ताकु ने नागरिकों से सूचना का अधिकार अधिनियम आर टी आई का द्रुपयोग न करने की अपील की श्री ताकू सेप्पा में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थको को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनहित के नाम पर आई टी आई कर व्यक्तिगत दुश्मनी न निकाले श्री ताकु ने चूनाव के दौरान रुपये की संस्कृति से बचने की भी अपील की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी सैंतीस करोड़ बजट से जिला अस्पताल के उन्नयन कार्य पर आ रही मुश्किलों का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की चांगलांग में ब्रधवार को मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष एम एम आर के के के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की तैयारी पर एक जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित किया गया सहायक जिला उपायुक्त नामपांग वांगजेन ने जिला स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से जरुरत पर आधारित योजनाओं को पहचानकर अवधारणा कागज को जल्द जमा करने को कहा